इस दौरान वे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल आवासीय परिसर तथा ललित चौक और ओवर हैंड पैदल पुल की आधारशिला रखेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री बल्ह विधानसभा क्षेत्र के नेरचौक में लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ओपीडी ट्रामा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज का लोकापर्ण सहित अन्य योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे विजय दशमी कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा कल भगवान रघुनाथ की पारंपरिक शोभा यात्रा के साथ आरंभ हुआ जिसका शुभारंभ राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की पहली सांस्कृतिक संध्या में गायक पूर्ण शिवा व रूस के कलाकारों ने दर्शकों को खूब मनोरंजन किया वहीं महाराष्ट्र के कलाकारों सहित स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी इस उत्सव की आज दूसरी संध्या में चांद अफजल कादरी अपना कार्यक्रम पेश करेंगे

यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है

इस प्रतिमा को गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित साधू बेट ट्वीप पर बनाया गया है

परिषद के सचिव ने कल शिमला में कहा कि इस वर्ष की कांग्रेस का मुख्य उददेश्य ग्रामीण पहाड़ी इलाकों में लोगों को आने वाली समस्याओं की पहचान के आधार पर संभावित समाधानों की खोज करना है अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के शुभारंभ से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है देव मानस मिलन को उमड़ा जन सैलाब भव्य रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोसत्सव का आगाज

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू दैनिक जागरण ने लिखा है रघुनाथ जी की नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब आपका र्फैसला के मुताबिक रघुनाथ की निकली रथयात्रा हाजिरी भरने पहुंचे सैकड़ों देवी देवता वाद्य यंत्रों से गूंज उठी घाटी

पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है शिमला सहित अन्य शहरों का नाम बदलने पर होगा विचार इसी खेबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं कहीं श्यामला न बन जाए शिमला कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद के नाम बदलाव की मांग को किया था खारिज वाह री सरदारी जितनी मर्जी करो सवारी शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है निगम व बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सरकारी कार जितनी दौड़ाएं पैट्रोल खर्च की सीमा नहीं हिमाचल दस्तक की एक खबर है रूपये पांच सौ करोड़ लोन लेगी जयराम सरकार मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है रोहतांग व भरमौर में हिमपात अब मनाली रोहतांग के बीच ज्वॉय राइड का लुत्फ उठाएंगे सैलानी दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है अमृतसर रेल हादसे से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है नजर सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय बुराई से लड़ें में लिखा है कि दशहरा पर रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की खुशी मनाने से बेहतर है कि हर व्यक्ति अपने भीतर झांके और अंदर बसी बुराईयों को दहन करने का संकल्प लें

शीर्षक है लाहौल व पांगी में उजाले की तलाश दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय निवेश को नजरिया बनाएं में बाहरी राज्यों द्वारा प्रदेश में आर्थिक निवेश करने पर लिखा है कि अगर ढांचागत सुविधाएं नजरिया तथा भूमि उपलब्धता सुनिश्चित होगी तो निश्चित तौर पर पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी में निवेश के सारथी बनेंगे